तीस मिनट की बैठक के दौरान दोनो मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री को पूर्वोत्तर में मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत कराया और कहा कि पाकिस्तान बंग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाले विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है अधिकारिक सूत्रों के अनुसार पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने और पूर्वोत्तर की संस्कृति और पहचान को बनाये रखने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री से नागरिकता विधेयक पारित नही करने का आग्रह किया केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों आश्वासन दिया कि पूर्वोत्तर के लोगों के अधिकारो और हितों की रक्षा की जाएगी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक एक विभिन्न प्रावधानों के बारे में पूर्वोत्तर के नेताओं और कुछ मुख्यमंत्रियों को बता दिया गया है आज लोकसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इन नेताओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक सामाजिक और भाषाई पहचान बनाए रखने के बारे में विस्तृत जानकारी दी है यह विधेयक लोकसभा द्वारा शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया था राज्यपाल बी डी मिश्रा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा से मिलकर अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में गीत नृत्य और संगीत केंद्र की स्थापना के मुद्दे पर चर्चा की राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों के दौरे में छात्रों युवाओं गांव बूढ़ा और आम लोगों ने इस केंद्र की स्थापना की मांग की है उन्होंने कहा बताया कि प्रदेश के सभी हिस्सों में स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए जनजातीय गीत नृत्य और संगीत केंद्र की स्थापना आवश्यक है राज्यपाल ने केंद्रीय संस्कृत मंत्री से कहा कि इस तरह के केंद्र युवाओं और वरिष्ठ नागरिको के बीच सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा और आपस में चर्चा के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेंगे राज्यपाल ने कहा कि मल्टीपर्पज सेंटर्स नशे की समस्या और गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण के अलावा यूवाओ पूरुषो और महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में भी मदद साबित होगा केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने राज्य में गीत नृत्य और संगीत केंद्रों की स्थापना के मुद्दे पर केंद्रीय अधिकारियों का एक दल भेजने का आश्वासन दिया लोअर सुबनसिरी जिले उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी चुकू ताकार ने कल मतदान अधिकारियो के लिए चुनावी प्रशिक्षण का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चुनाव की सफलता उनके संबंधित मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया का संचालन करने की क्षमता पर निर्भर करती है उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का आह्वान किया राज्यों में दो हजार उन्नीस के आम चूनाव और विधानसभा चूनाव होने की संभावना है चुनाव आयोग ने अपने पहले के आदेश में परिवर्तन करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे एक पत्र में आगामी बीस फरवरी तक सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया पूरा करने और पच्चीस फरवरी तक चूनाव आयोग को रिपोर्ट जमा करने को कहा है इससे पहले चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अटठाईस फरवरी तक अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया पूरा करने और मार्च महीने की पहली सप्ताह तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश जारी किया था राज्य की संस्कृतिक विरासत पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कल राजीव गांधी विश्वविद्यालय परिसर में शुरु हुआ राज्य की सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी विश्वविद्यालय की अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टाडीज द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्त संगठन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहलय भोपाल के सहयोग से इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया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

आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया